पापुमपारे जिलें में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा पर चांगलाग के विजयनगर से लेकर तवांग जिले के मागो थिम्बू तक दो हजार किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाइवें परियोजना के सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है श्री मेन ने बताया कि राज्य के फुटहिल्स एरिया के त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार सभी क्षेत्रों और वर्गों के एक समान विकास के लक्ष्य को लेकर राज्य के सभी जिलों ए डी सी और एस डी ओ मुख्यालय को अच्छी सड़कों से जोड़ेगी श्री मेन ने कहा कि राज्य सरकार निवेश के अनुकूल माहौल बनाने और ग्रामीण इलाको से पलायन को रोकने के लिए बुनियादी सुविधाओ का विस्तार कर रही है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर का लोग लाभ उठा सके

राज्यपाल ने त्वरित आर्थिक विकास के लिए वैज्ञानिक सोच के साथ स्मार्ट अप शुरु करने का सुझाव दिया उन्होंने प्रदेश के शिक्षित युवाओं से क्रषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट अप शुरु कर राज्य में रोजगार के अवसर पर पैदा करने का आह्वान किया उन्होंने विभागीय प्रमुखो से योजनाओ को समय पर पूरा करने को कहा ताकि आधारभूत सुविधाओ का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच सके इससे पहले राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार और जिले के आला अधिकारियों के साथ लोहित जिले के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल परशुराम कुंड का दौरा किया उन्होंने अधिकारियों से बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखकर लोहित नदी के तट पर परशुराम कुंड तक पहुचने के लिए आरामदायक मार्ग विकसित करने को कहा उन्होने कहा कि परशुराम कुंड तक पहुचने और वापस आने के लिए करीब चार सौ सीढ़ियों की चढ़ाई बहुत से पर्यटकों के लिए मुश्किल कार्य है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए जिला प्रशासन को प्राथमिकता के साथ इस काम को पूरा करना होगा इस महीने चौदह जनवरी से शुरु हो रही विश्व प्रसिद्ध परशुराम मेले के मद्देनजर राज्यपाल का यह दौरा काफी मायने रखता है

राज्यपाल ने सैनिकों के स्थानीय लोगो के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों का पूरा करने का आद्वान किया उन्होंने सीमांत इलाके के नागरिकों की बुनियादी जरुरतों को पूरा करने और देश सबसे पहले की नीति का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने को कहा

अपने संदेश में उन्होंने राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है

दो हजार उन्नीस में डॉ के कस्तूरीरंगन कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा मंत्रालय को सौंपा इसके साथ ही सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया शुरु कर दी ताकि आज के युग के अनुरुप शिक्षा की गुणवत्ता नवाचार और अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए जरुरी कदम उठाये जा सकें मंत्रालय ने प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने और उन्हें अपने कौशल तथा ज्ञान को समृद्ध करने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री अभिगम कार्यक्रम ध्रुव भी शुरु किया है

श्री लिबांग ने आज पासीघाट में तादर तांग राज्य स्तरीय फुटबाल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले के अवसर पर खिलाड़ियो को संबोधित कर रहे थे इधर ईस्ट सियांग जिले में हो रही बारिश के चलते पासीघाट आउटडोर स्टेडियम में कुरुंग कुमें और ईस्ट सियांग जिले के बीच खेले जा रहे फाइनल मैच को बीच में ही रोकना पड़ा आयोजन कर्ताओ के अनुसार यह मैच कल दोबारा खेला जाएगा इस प्रतियोगिता में राज्य की कुल चौदह टीमों ने हिस्सा लिया